मंत्रियों के बीच विभाग बटवारे की सूची कल देर रात तक आने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया उधर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री उच्च स्तर पर प्रयास कर रहे है कि मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण शीघ्र हो जाए और उनकी राज्य के बडे नेताओं और केंद्रीय नेतत्व से इस संबंध में बातचीत जारी है बताया गया है कि गृह वित्त नगरीय प्रशासन लोक निर्माण सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण विभागों को लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई है कैबिनेट बैठक राज्य सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के लिए मसौदा तैयार कर लिया है कल हई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसका प्रजेन्टेशन दिया गया

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों की कर्ज माफी योजना में प्रदेश का कोई भी पात्र और जरूरतमंद किसान वंचित न रहे

इनमें राष्ट्रीयकृत सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लिये गये कृषि ऋण शामिल हैं किसानों को सुविधा दिये जाने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन करने की सुविधा होगी प्रदेश में किसानों को कर्ज माफी अल्पकालीन फसल ऋण पर ही दी जायेगी

इस मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला और ब्लाक स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी का ध्वजारोहण कर कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति की प्रतिज्ञा दिलाईे इस अवसर पर राज्य भर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आम जनता को पार्टी से जोड़ने के लिए कांग्रेस के इतिहास और उसके योगदान की जानकारी दे रहे हैं पुलिस बलप्रयोग मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रायसेन और शिवपुरी जिले के करैरा में यूरिया खाद लेने आए किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित बलप्रयोग की घटनाओं को आज गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक से इनकी जांच के लिए कहा है मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक से यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा है कि यह बलप्रयोग अनावश्यक था या कानन व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया उन्होंने कहा कि अनावश्यक बलप्रयोग करने पर संबंधित पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई होना चाहिए

वहीं कल गायन वादन और नृत्य की प्रस्तुति दी गई संगीत की स्वर लहरियों के साथ शास्त्रीय और लोक नृत्य की प्रस्तुतियों और निमाड़ी ढोल वादन की प्रस्तुति हुई उत्सव के चौथे दिन की शुरूआत बुरहानपुर के मुकेश दरबार के गायन से हुई इनके दल द्वारा आदिवासी नृत्य के अलावा निमाड़ी ढोल की जुगलबंदी की गई

मौसम उत्तर की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है इसका सबसे ज्यादा असर राजधानी भोपाल में रहा जहां रात का तापमान चार दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो पिछले दस वर्षो में सबसे कम तापमान है वहीं बैतूल प्रदेश का सबसे ठंडा नगर रहा जहां न्यूनतम तापमान दो डिग्री पर पहुंच गया

इसके अलावा खजुराहो और उमरिया में कड़ाके की ठंड़ पड़ रही है जहां पारा तीन डिग्री रिकार्ड किया गया मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बैतूल में कुछ स्थानों पर पाला भी पड़ने की संभावना हैं

समाचार संक्षेप में कटनी जिले में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आज से प्रशिक्षण शिविर शुरू हआ सतना जिले में निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान छूटे हुए पात्र मतदाताओं के दावे आपत्तियां प्राप्त करने के निर्देश जारी कर दिये हैं छतरपुर जिले के नौगांव में एक वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई